प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों पर उप चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच अब से थोड़ी देर बाद होगी शुरू राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की अपील छात्रों से सामाजिक उपयोगिता वाले विषयों पर गुणात्मक शोध का किया आहवान महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर गोरखपुर में पांच दिवसीय डिजिटल प्रदर्शनी शुरू केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार बीस इक्कीस विपणन वर्ष के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि गेंहू का एमएसपी पचासी रुपए प्रति क्विंटल से बढाकर एक हजार नौ सौ पच्चीस रुपए कर दिया गया है चने का समर्थन मूल्य दो सौ पचपन रुपए जौ पचासी सरसों तेल दो सौ पचपन और सूरजमुखी के समर्थन मूल्य में दो सौ सत्तर रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है श्री जावडेकर ने कहा है कि इस फैसले से किसानों की आय में वृद्धि होगी

तो ये किसान की आय दोगुना करने के लस्य में एक बहुत बड़ी सहायक भूमिका करेगी किसान को न्याय मिल रहा है और उसके पास खरीदने के लिए भी और बचत के लिए भी पैसा होगा मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ग्रूप ए सामान्य ड्यूटी एक्जिक्यूटिव कैडर और गैर राजपत्रित वर्ग की कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने दो नए कमान के गठन का भी फैसला लिया है पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ में और पूर्वी कमान का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा यह कमान अतिरिक्त महानिदेशक के तहत काम करेंगी मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैंसले में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर संचार निगम लिमिटेड एमटीएनएल को वापस पटरी पर लाने की योजना को मंजूरी दे दी है सरकार ने कहा है कि दोनों कंपनियों को न तो बंद किया जाएगा और न ही इनका विनिवेश होगा संचार और सुचना प्रौदोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की सैद्वांतिक मंजूरी दे दी गई है उन्होंने कहा कि पुनरूद्वार योजना के तहत कई कदम उठाए जाएंगे

हम बहुत ही एटरेक्टिव वीआरएस पैकेज लेकर आ रहे हैं प्रदेश की ग्यारह कियानसभा सीटों पर उप चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी सभी केन्द्रों पर सुबह आठ बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जायेगा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना के कार्य हेत् सुरक्षा के कड़े बन्दोबस्त किये गये हैं मतगणना से संबंधित कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के एजेंटों को छोड़कर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का मतगणना स्थल पर प्रवेश निषेध होगा मतगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को अपना मोबाइल फोन मतगणना स्थल के बाहर ही जमा कराना होगा मतगणना की पूरी प्रकिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी मीडियाकर्मियों को मतगणना स्थल के पास बनाये गये मीडिया सेंटर में परिणाम की जानकारी देने की व्यवस्था की गयी है सुरक्षा की दृष्टि से राज्य पुलिस के साथ केन्द्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गयी है निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार विजयी उम्मीदवार को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इगलास लखनऊ कैंट कानपुर की गोविन्दनगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ जनपद की घोसी सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले गये थे इस उपचुनाव में कुल एक सौ नौ उम्मीदवार मैदान में हैं रामपुर और बाराबंकी की जैदपुर विधानसभा सीटों पर लोगों की निगाह लगी हुई है जहां कमशः सपा नेता आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा और कांग्रेस नेता पीएलपुनिया के बेटे अनुज पुनिया चुनाव मैदान में हैं पिछले चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल अपना दल को नौ सीटें जबकि सपा और बसपा को एक एक सीट मिली थी प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की अपील करते हुए छात्रों से सामाजिक उपयोगिता वाले विषयों पर गुणात्मक शोघ का आह्वान किया है राज्यपाल ने कहा कि आज भारत का उच्च शिक्षा तंत्र भले ही अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र हो मगर गृणवत्ता के मामले में हम काफी पीछे हैं यही वजह है कि दुनिया के शीर्ष दो सौ विश्वविद्यालयों में देश का कोई भी विश्वविद्यालय जगह नहीं बना पाया है राज्यपाल ने कल गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही कुलाधिपति ने छात्र छात्राओं से सामाजिक उपयोगिता वाले विषयों पर गुणात्मक शोध कार्य करने को कहा है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शोध कार्यो की गुणवत्ता को निरन्तर सुधारना होगा शोध के विषयों को आमजन के विषयों से जोड़ना होगा ताकि शिक्षा की उपयोगिता मानव हित के लिए उपयोग में लायी जा सके श्रीमती पटेल ने छात्रों को सलाह देते हए कहा कि वे दहेज प्रथा के विरूद्व आवाज उठायें और अपने अभिभावकों को दहेज रहित विवाह के लिए तैयार करें उन्होंने अभिभावकों को भी सलाह दी कि वे शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी दें उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और प्राचार्यो से टीबी से ग्रसित बच्चों को गोद लेने की अपील की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा केवल डिग्री एवं डिप्लोमा हासिल करने का माध्यम नहीं है बल्क यह सर्वगीण विकास और राष्ट्र निर्माण का संसाधन है कल लखनऊ में एक शैक्षिक संस्था के कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवओं वाला देश है जबकि उत्तर प्रदेश पैंतीस वर्ष तक की उम्र के सबसे ज्यादा युवाओं वाला प्रदेश है उन्होंने कहा कि अगर युवा शक्ति चाहे तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे चला जायेगा इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर कल गोरखपुर में स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ पांच दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से किया जा रहा है और इसमें महात्मा गांधी के संदेशों को डिजिटल चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं शिक्षा संकाय कैम्पस में लगी इस प्रदर्शनी का नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने कल शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मुहिम की शुरूआत की है उसे जन भागीदारी द्वारा ही पूरा किया जा सकता है उन्होंने लोगों से अपने आस पास सफाई बनाए रखते हुए पर्योवरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की प्रदर्शनी के बारे में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक आर पी सरोज ने बताया इस प्रदर्शनी का उददेश्य है स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत बापू जी के सपनों का भारत और आज का भारत और इसके साथ साथ ही आर ओ बी लखनऊ के द्वारा यहां पर केन्द्र सरकार की जो योजनाएं हैं अब तक लागू की गयी हैं उनको भी एक वित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है गांधी जी पर एक डिजिटल प्रदर्शनी है जिसमें गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है

कार्यक्रम में गोरखप्र सदर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे प्रदेश सरकार ने हिन्दू समाज पार्टी के संस्थापक दिवंगत कमलेश तिवारी के परिवार को पन्द्रह लाख रुपये की आर्थिक मदद और उनके परिजनों को एक आवास की सुविधा प्रदान की है मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीतापुर के जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कल स्वर्गीय कमलेश तिवारी के घर जाकर उनके परिजनों को सहायता राशि का चेक और आवास आवंटन का स्वीकृति पत्र सौंपा सरकार के प्रवक्ता ने कल लखनऊ में इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने दिवंगत श्री तिवारी के हत्यारोपियों के विरुद्व प्रभावी अभियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है